उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कार्य किये गए हैं जिनकी जानकारी साझा करने के साथ सम्मेलन में विद्यार्थी हित के लिये कई योजनाओं और कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में नवाचारों को बढ़ावा देना विद्यार्थियों में रोजगारपयोगी कौशल का विकास नौकरियों औरं इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करते हुए स्टार्ट अप कल्वर का विकास करना हैं सम्मेलन में तेलंगाना राज्य के उप मुख्यमंत्री सहित नागालैंड मणिप्र और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और विभिन्न राज्यो के शिक्षा विमाग के अधिकारी और प्रतिनिधि भाग ले रहे है सम्मेलन में कल देश की नामचीन कंपनियों के एचआर भी शिरकत करेंगे

इसके साथ ही भारत ने कम और अधिक उंचाई से लक्ष्य भेदने में सक्षम द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है मिसाइल कल शाम आठ बजकर पांच मिनट पर अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित की गई रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन के वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी रक्षा यान मिशन पृथ्वी के वायुमंडल से पचास किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है

आज अंतिम दिन यात्रा सीकर जिर्ले में जायेगी जहां फतेहपुर में मुख्यमंत्री आमसभा को संबोधित करेगी इसके बाद लक्ष्मणगढ़ में और बाद में सीकर के रामलीला मैदान में आमसभाएं होगी

इस अवसर पर चालू सत्र की गतिविधियों और शिविरों के सफलता पूर्वक आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हुए पिछले सत्र के आय व्यय का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा जायेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया है

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

जबकि कार में सवार तीन लोग घायल हो गए जिन्हें सिणधरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया

समरोह के दौरान स्टेडियम परिसर में ही सवाईमानसिंह की पोलो खेलते हुए मूर्ति का अनावरण किया जायेगा इसके बाद राजस्थान स्क्वैश अकादमी का मी लोकार्पण होगा

प्रतापगढ जिले में पिछर्ल चार दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही है यहां फसलों के खराबे से किसान चिंतित है मंवर सेमला बांध से अतिरिक्त पानी की निकासी पांच दरवाजे खोलकर की जा रही है दौसा जिले में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में वहीं धौलपुर में कई कॉलोनियों में पानी भर गया है उदयपुर में भी कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश के कारण मदार तालाब छलक उठा है